तेईस मई को होने वाली मतगणना के लिये तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है

पटना सहित सात जिलों में दो दो लोकसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी सबसे पहले सर्विस वोटों की गिनती होगी इसके बाद ईवीएम में डाले गये मतों की गिनती की जायेगी प्रत्येक विधान सभा के लिए अलग टेबुल बनाया जायेगा जिस पर कम से कम पैंतालीस कर्मी तैनात होंगे मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी इस बार हरेक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच पांच बूथों पर डाले गये मतों का वीवीपैट से मिलान होगा जिस कारण परिणाम आने में थोड़ी देर हो सकती है हालांकि रुझान सुबह नौ बजे से ही आने की संभावना है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतगणना केन्द्रों पर त्रि स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को वज्रगृहों में रखा गया है वजगृहों की सुरक्षा अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गयी है केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी इसके अलावा परिसर के बाहर और मुख्य प्रवेश द्वार पर विडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी मतगणना स्थल पर शौचालय और पेयजल की भी व्यवस्था की जा रही है किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एम्ब्रेलेंस मेडिकल टीम और फायर बिग्रेड का दस्ता मौजूद रहेगा इधर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव परिणाम की जानकारी देने की सार्वजनिक व्यवस्था की है लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाईन एप्प के माध्यम से मतगणना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा चूनाव के सटीक और ताजा परिणाम उपलब्ध कराने के लिये व्यापक प्रबंध किये हैं

पिछले लोकसभा चूनाव की तूलना में इस बार अधिक नकदी जब्त हुई है राज्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पचपन लाख अड़सठ हजार नेपाली करेंसी भी बरामद की गयी है वहीं तेरह सौ तीस अन्य विदेशी मुद्रा और एक लाख रूपये से अधिक मूल्य के जाली नोट भी बरामद किये गये हैं चौबीस किलो से अधिक सोना और लगभग साढ़े चार किलो सोने के आभूषण भी जब्त किये गये हैं प्रदेश भर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाये गये छापेमारी अभियान के दौरान आठ लाख अड़सठ हजार तीन सौ सैंतीस लीटर शराब जब्त की गयी छह सौ चौंसठ किलो गांजा चार किलो चरस पैंतालीस किलो अफीम और आधा किलो से अधिक हेराईन भी बरामद की गयी है वहीं ग्यारह सौ पैंतीस हथियार और बम बरामद किये गये आरा लोकसभा सीट के लिए रविवार को हुए मतदान के दौरान कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर गांव में दो गूटों के बीच हुई झड़प में घायल भाजपा कार्यकर्ता की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गयी मृतक मलय सिंह राजापुर का ही रहने वाला था शव के गांव पहुंचते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आरा छपरा मूख्य मार्ग को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया

इस मामले में अब तक पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है सासाराम और शिवहर में मतदान ड्यूटी के दौरान दो मतदान कर्मियों के आकस्मिक निधन के कारण निर्वाचन आयेग उनके परिजनों को नियमानूसार मूआवजा देगा

विधान परिषद के दो रिक्त पदों के लिए सात जून को होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जायेगा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि अठाईस मई है अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और उम्मीदवार इकतीस मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं वोटों की गिनती सात जून को होगी भाजपा के एमएलसी सूरज नंदन प्रसाद और राजद के सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसीन के निधन के कारण यह उप चुनाव कराया जा रहा है भीषण गर्मी में जल संकट से जूझ रहे प्रदेश के सभी शहरी वार्डों में सबमर्सिबल पंप लगाये जायेंगे नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है निर्देश में कहा गया है कि पंप के साथ दो हजार लीटर की टंकी और दो हार्स पावर की मोटर भी लगायी जायेगी वहीं दो वार्डों के बीच एक पानी का टैंकर भी दिया जायेगा श्री शर्मा ने खराब पड़े चापाकलों को भी जल्द से जल्द ठीक करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है मौसम विभाग ने आज पटना और भागलपुर में लू चलने की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि अगले बहत्तर घंटों तक अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक बना रहेगा साथ ही वातावरण में नमी की मात्रा भी तेईस से पच्चीस प्रतिशत के बीच रहेगी जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा हालांकि विभाग ने पछुआ हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी की संभावना जतायी है

यह मामला डोरंडा कोषागार से एक सौ उनतालीस करोड़ रूपये अवैध निकासी का है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने रखरखाव कामों के कारण अलीपुर द्वार दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस को सत्ताईस मई तक रद्द कर दिया गया है वहीं रांची कामाख्या एक्सप्रेस कल तक रद्द रहेगी जलपाईगुड़ी नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस अप में आज और डाउन में परसों रद्द रहेगी पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यास की ओर से उनकी पुण्यतिथि पर पटना में स्मृति सभा का आयोजन किया गया इसमें समाज के गणमान्य लोगों ने पंडित शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला आज के सभी समाचार पत्रों ने मतगणना की तैयारियों और मतगणना से पूर्व विभिन्न दलों की तैयारियों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर लिखता है तेईस को सत्रह हजार कर्मी करेंगे राज्य की चालीस सीटों के वोटों की गिनती हिन्दुस्तान की सुर्खी है नतीजों के बाद की किलेबंदी में दिग्गज राष्ट्रीय सहारा लिखता है राजग नेताओं से मिलेंगे शाह आज रात्रि भोज दैनिक जागरण ने लिखा है चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में जुटेंगी सभी विपक्षी पार्टियां दैनिक भास्कर लिखता है सेंसेक्स की पांच साल आठ महीने बाद तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत की सबसे बड़ी छलांग निफ्टी भी दस साल बाद तीन दमशलव छह नौ प्रतिशत उछला आज लिखता है पूर्वी बिहार में प्री मॉनसून बाईस से